श्री योगी आज सुल्तानपुर के हलियापुर में निर्माणाधीन पूर्वाचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठंक कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन सौ चालीस किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लगभग ैंतीस प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा भी बन रहा है जिसका लाभ इससे जुडने वाले सभी आठ जिलों को मिलेगा एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के बाद मुँख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में दो अन्य बड़ी परियोजनाओं बंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे पर भी कार्य चल रहा है उन्होंने कहा कि ये तीनों परियोजनाएं प्रदेश को विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर करेंगी इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का स्थलीय निरीक्षण किया था निरीक्षण के बाद किशुनदासपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री योगी ने कहा था कि एक्सप्रेस वे पूर्वाचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि विदेशी निवेशकों का भारत में भरोसा बना हुआ है लोकसभा में दो हजार बीस इक्कीस के आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश के उद्देश्य से बैंक अब बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं सरकार दो हजार चौबीस पच्चीस तक ढांचागत विकास पर एक लाख करोड रूपये से अधिक निवेश करेगी वित्तमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ रही है वद्वि को प्रोत्साहन देने के रिजर्व बैंक के रचनात्मक समाधानों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व संग्रह में स्थाई रूप से वृद्धि हो रही है वित्तमंत्री ने कहा कि युवाओं की बेहतरी के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक टवीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये

वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना की सराहना की है प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के बाद श्री राजपक्ष ने ट्वीट कर कहा कि वाराणसी से विदा होने से पहले उन्हें पवित्र गंगा नदी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमामि गंगे परियोजना की सराहना करते हैं श्री राजपक्ष ने कहा कि भारत में गंगा नदी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और गंगा यहां की करीब चालीस फीसद आबादी के जीवन का आधार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री राजपक्ष की वाराणसी यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि राजपक्ष ने वाराणसी में समय बिताया और गंगा के तट पर गए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राजपक्ष के लिए यह अद्भुव अनुभव रहा होगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की वाराणसी के अपने दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज राज्यपाल महात्मा बद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ भी गयीं राज्यपाल ने धमेख स्तूप समेत अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवर्लोकन किया

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित विधेयक दो हजार उन्नीस पर व्यक्तियों एसोसिएशनों तथा संस्थाओं से विचार और सुझाव आमंत्रित किये हैं यह विधेयक लोकसभा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है इस पर सुझाव भेजने के इच्छ्क लोग अपने सुझाव या ज्ञापन हिंदी अथवा अंग्रेजी में निदेशक लोकसभा सचिवालय कमरा नम्बर चौदह भूमितल संसदीय सौध नई दिल्ली एक एक श्र्न्य श्र्न्य श्र्न्य एक पर पच्चीस फरवरी तक भेज सकते हैं आज विश्व यूनानी दिवस है महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हाकिम अजमल खां के सम्मान में प्रत्येक वर्ष यह दिवसे मनाया जाता है यूनानो चिकित्सा पद्धति भारत मेँ ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास फारस और अरब के लोगों द्वारा शुरू की गई थी आज भारत उन अग्रणी देशों में से है जहां यूनानी पद्धति का उपयोग उपचार के रूप में किया जाता है देश में यूनानी पद्धति से संबंधित शैक्षणिक अनुसंघान और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में रोजाना बड़ी संख्या में लोग उपचार कराकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं